आज सवेरे पोषण माह के अंतर्गत देशभर की आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है

आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को भी दोगुना कर दिया गया है टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आने और इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को मदद मिलने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कारण संभव हो सका है मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार राज्य में पैट्रोल और डीज़ल पर रियायत देने पर विचार करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही मुख्यमंत्री ने कहा कि पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है तथा जल्द ही इस दिशा मे ठोस कदम उठाए जाएगे जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि पैट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में वृद्धि तेल की कीमतों में अतराष्ट्रीय स्तर पर आए उछाल के कारण हुई है निजि बस ऑपरेटरों की हड़ताल के मुददे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेगी उन्होंने कहा कि निजि बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधि कल रात उनसे मिले जिसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया था मुख्यमंत्री ने माना की इसके बावजूद आज भी कुछ स्थानों पर निजि बस मालिक हड़ताल पर है उन्होंने कहा कि निजि बस ऑपरेटरों के साथ आज फिर से बैठक होने जा रही है

वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार प्रदेशभर में पंचायत स्तर पर प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित करेगी ये बात ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में ज़िला प्रशासन द्वारा आरंभ की गई अनूठी पहल ऊना उत्कर्ष योजना के शुभारंभ के मौके पर कही इस योजना के माध्यम से केवल बेटियों वाले एक सौ परिवारों को उपायुक्त कार्ड जारी किए गए

वीरेन्द्र कवर ने ज़िला प्रशासन द्वारा बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उत्कर्ष योजना के माध्यम से ये प्रयास जन जन तक पहुंचेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान अपने उद्देश्य में सफल होगा डाक विमाग आघार डाक विभाग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पार्सल ब्र्क करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है लेकिन यह पहचान दस्तावेजों का एक विकल्प है विभाग ने एक बयान में कहा है कि देश के मौजूदा नियमों के अनुसार आधार बूकिंग के समय प्रस्तृत करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज नहीं है हालांकि सुरक्षा और संरक्षा कारणों से कोई पहचान सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य है यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि पार्सल करते समय डाक विभाग आधार संख्या की मांग करता है राजभाषा प्रदेश में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े के तहत आज शिमला के गेयटी थियेटर में अंतर महाविद्यालय राज्य स्तरीय भाषण निबंध कविता लेखन व पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती करेंगे बैठक में अन्यों के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सांसद शांता कुमार प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पॉडे और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे पार्टी प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी लोकसभा चूनाव के दृष्टिगत केन्द्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी